वे राजस्थान के कोटा से दो बार सांसद चुने जा चुके है उन्होंने आज लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन पत्र भरा संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह अमितशाह और नितिन गडकरी ने ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा बीजू जनता दल शिवसेना अकाली दल लोक जनशक्ति पार्टी वाई एस आर कांग्रेस जनता दल यूनाइटेड और एथाईए डीएमके ने प्रस्ताव का समर्थन किया प्रहलाद जोशी ने बताया कि कांग्रेस ने प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया लेकिन वह ओम बिड़ला की उम्मीदवारी का विरोध भी नहीं करेगी लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण आज दूसरे दिन भी जारी है राजस्थान सिक्किम पंजाब तमिलनाडु तेलंगाना और अन्य राज्यों के सांसदों ने शपथ ली

सदस्यों ने अंग्रेजी हिन्दी और तमिल तेल्गु पंजाबी नेपाली और उड़िया सहित स्थानीय भाषाओं में भी शपथ ली अस्थाई अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार ने इन सदस्यों को शपथ दिलाई कल सत्रहवी लोकसभा के पहले सत्र के दौरान प्रधानमंत्री और सदन के नेता नरेन्द्र मोदी रक्षामंत्री राजनाथ सिंह गृहमंत्री अमित शाह और अनेक केन्द्रीय मंत्रियों और सदस्यों ने शपथग्रहण की भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त कार्यवाहक अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि वे कार्यकर्ता के रूप में पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे उन्होंने स्वयं पर भरोसा व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पार्टी प्रमुख अमित शाह को धन्यवाद दिया जे पी नड्डा को कल नई दिल्ली में पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक में भारतीय जनता पार्टी का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया था जे पी नड्डा का आज संसद के बाहर संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी और अन्य पार्टी सांसदों ने स्वागत किया उनके सम्मान में आज भाजपा मुख्यालय में भी एक कार्यक्रम हआ जहां गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की आज नई दिल्ली में बैठक हुई जिसमें सोनिया गांधी और पार्टी प्रमुख राहुल गांधी भी उपस्थित थे बैठक में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में रणनीति तैयार करने पर विचार किया गया कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इस बैठक में लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता की नियुक्ति के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हई सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने परामर्श जारी करके सभी निजी टी वी चैनलों से डांस कार्यक्रमों में छोटे बच्चों को उपयुक्त रूप से दिखाने को कहा है मंत्रालय के परामर्श में कहा गया है कि देखने में आया है कि कई डांस कार्यक्रमों में छोटे बच्चे ऐसी मुद्राए करते हैं जो उनकी आय को देखते हए उचित नहीं होतीं फिल्मों और अन्य मनोरंजन कार्यक्रमों में वयस्क कलाकार ऐसा करते हैं ऐसी मुद्राओं से गलत संकेत भी जाते हैं और इनसे बच्चों पर तनाव भी बनता है मंत्रालय के अनुसार सभी टी वी चैनलों से उम्मीद की जाती है कि वे केबल टेलीविजन नेटर्वक्स नियमन कानून के तहत कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं मेँ निर्घारित प्रावधानों का पालन करें इन नियमों के अनुसार ऐसा कोई कार्यक्रम टी वी पर नहीं दिखाया जा सकता जिसमें बच्चों को अशोभनीय ढंग से पेश किया जाये उच्चतम न्यायालय ने सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों की रक्षा और सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि डॉक्टरों ने पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में अपनी हड़ताल वापस ले ली है ऐसे में याचिका पर सुनवाई की कोई तत्काल आवश्यकता नहीं है पीठ ने कहा कि वह फिलहाल कोई नोटिस जारी नहीं कर रहा है लेकिन डॉक्टरों की सुरक्षा से संबंधित मुद्रों पर ध्यान रखे हुए है इस बीच इंडियन मेडिकल ऐसोसिएशन ने भी अपनी याचिका में न्यायालय के हस्तक्षेप की अनुरोध अपील दाखिल की है इसमें कहा गया है कि पूरे देश में डाक्टरों को सुरक्षा प्रदान की जाए प्रदेश के अधिकांश जिलों में भीषण गर्मी का सिलसिला जारी है गर्मी की वजह से लोगों का जन जीवन प्रभावित हो रहा है हालांकि औरैया सीतापुर सम्भल सहित कुछ जिलों में धूलभरी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर सहित अधिकांश जिलों में आसमान में बादल छाये हुये हैं जिसके कारण इन जिलों में उमस भरी गर्मी पड़ रही है